भारत के बथनाहा और नेपाल के बुद्धनगर रेलखंड पर चला ट्रायल इंजन

विधान मंडल में ई विधान सिस्टम लागू

राज्य सरकार ने पटना पूलिस लाइन में महिला सिपाही की मौत के बाद हंगामा और उपद्रव करने के आरोप में एक सौ पचहत्तर प्रशिक्षु पुलिसकर्मियों को बर्खास्त तेईस प्रलिसकर्मियों को निलम्बित और तिरानवे को पटना जोन से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है बर्खास्त सिपाहियों में अठासी प्रूष और उनासी महिला सिपाही हैं गौरतलब है कि डेंगू से पीड़ित एक महिला कांस्टेबल को अधिकारियों ने अवकाश नहीं दिया था बाद में उसकी मौत हो गयी थी महिला सिपाहीं की मौत के बाद तीन सौ से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने पटना पुलिस लाइन के अन्दर और बाहर भारी उपद्रव मचाया पुलिस के वाहनों को नुकसान पहुंचाया और पुलिस अधिकारियों पर हमला भी किया जिसमें कुछ वरिष्ठ अधिकारी घायल हो गए थे पटना क्षेत्र के महानिरीक्षक नय्यर हसनैन खान ने आकाशवाणी को बताया है कि बर्खास्त पुलिसकर्मियों में एक सौ पैंसठ की नयी भर्ती की गयी थी जिनमें साठ प्रतिशत महिलाएं हैं भारत के बथनाहा से नेपाल के बुद्धनगर कस्टम यार्ड तक नई बनायी गयी रेल लाइन पर रेलवे ने ट्रायल इंजन चलाया कटिहार रेलमंडल के डिप्टी चीफ इंजीनियर एस विश्वास ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया रेल लाइन का निर्माण करने वाली कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि इस परियोजना पर दो हजार बारह में काम शुरू किया गया था जिसपर दो सौ चालीस करोड़ रूपये खर्च किये गये हैं इसे विराट नगर के कटहरी तक ले जाने की योजना है इस लाइन पर दिसंबर महीने से नियमित ट्रेन सेवा शुरू कर दिये जाने की संभावना है बिहार विधान परिषद ने ई विधान सिस्टम को लागू कर दिया है अब सदस्य व्हाट्सएप और ई मेल से भी प्रश्न पूछ सकेंगे इसके लिये विधायक और विधान पार्षदों को सदन सचिवालय में नहीं आना होगा परिषद के कार्यकारी सभापति हारूण रशीद ने योजना का उद्घाटन करते हुये कहा कि वर्तमान समय इंटरनेट और आधुनिक तकनीक का है जिसका लाभ परिषद उठाना चाहता है उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सदस्यों के भाषणों को फेसब्रक पर शेयर करने पर भी विचार किया जा रहा है जबकि पांच और छह नवम्बर को विशेष ई विधान कार्यशाला आयोजित की गयी है केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना से अस्पतालों को जोड़ने की प्रक्रिया तेज करने का निर्णय लिया है केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि राज्य में तीन सुपर स्पेशेयलिटी अस्पताल का निर्माण जल्द कराया जायेगा देश को हल्का लड़ाकू विमान तेजस देने वाले और डॉक्टर एपीजे अब्दूल कलाम के सहयोगी रहे वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा को राज्य सरकार शिक्षा का सर्वोच्च सम्मान देगी मौलाना अब्रुल कलाम आजाद के नाम पर दिये जाने वाले पुरस्कार के लिये श्री वर्मा का चयन किया गया है दरभंगा के घनश्यामपुर प्रखंड के बाउर गांव के निवासी डॉक्टर वर्मा ने पटना साइंस कॉलेज से इंटर और बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से उच्च और तकनीकी शिक्षा प्राप्त की है केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि केंद्र सरकार अशिक्षित बुजुर्गों को शिक्षित करने का काम उनके ही परिवार के छोटे बच्चों को सौंपेगी उन्होंने कहा कि इसके लिये बच्चों को जरूरी सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी श्री जावड़ेकर ने कहा कि बच्चों से बातचीत की गयी है और अपने अशिक्षित दादा दादियों को शिक्षित करने का जिम्मा लेने को वो तैयार हैं ग्रामीण कार्य विभाग ने प्रदेश की छत्तीस हजार किलोमीटर सड़कों की मरम्मत कराने का निर्णय लिया है इनके निर्माण का मानक अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा विभाग के सचिव विनय कुमार ने कहा है कि ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति दो हजार अठारह को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है जिसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है सचिव ने बताया कि नई नीति में सड़क तटबंध ड्रेनेज सहित छोटे बड़े पुल सड़क सुरक्षा और सड़कों के किनारे वृक्षारोपण जैसे कार्य कराये जायेंगे उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अनुरक्षण कार्य के निगरानी की व्यवस्था पूर्ण रूप से ऑनलाइन और एमआईएस पर आधारित होगी श्री कुमार ने कहा कि नयी नीति के तहत सड़क सुरक्षा मानकों का प्रावधान प्राक्कलन में किया जाएगा केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने शहरों को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने के तरीकों में बदलाव करते हुये निकायों को दिसम्बर तक अपने डाटा को ऑनलाइन अपलोड करने का निर्देश दिया है मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि डाटा के अपलोड होने के बाद उसकी जांच गुप्त रूप से करायी जायेगी कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसानों को नब्बे प्रतिशत अनुदान पर प्रमाणित बीज देगी उन्होंने कहा कि तीव्र बीज विस्तार और अन्य योजनाओं के अंतर्गत बीज वितरण कार्यक्रम के लिये सत्तर करोड़ अठासी लाख रूपये की राशि उपलब्ध करायी गयी है कृषि मंत्री ने कहा कि धान अरहर गेहूं चना और मसूर के प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिये प्रत्येक गांव से दो दो किसानों का चयन किया जायेगा राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में आज धनतेरस पर्व मनाया जा रहा है पर्व को लेकर बाजारों में काफी चहल पहल देखी जा रही है धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है माना जाता है इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश लेकर धन्वन्तरी जो कि देवताओं के वैद्य माने जाते हैं प्रकट हुए थे लोग स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए इस दिन धन्वन्तरि देव की उपासना करते हैं इस दिन मूल्यवान धातु नए बर्तनों और आभूषणों की खरीदारी की जाती है इन्हीं बर्तनों और मूर्तियों से दीपावली की मुख्य पूजा की जाती है धनतेरस पर राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को बधाई देते हुये कहा है कि प्रदेशभर का हर नागरिक स्वस्थ्य हों और महालक्ष्मी की कृपा उनपर बनी रही भागलपुर में खेली गयी राज्य अंडर सेवेंटीन फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में एकलव्य सेंटर नवगछिया ने पूर्णिया को तीन दो से हराकर खिताब जीत लिया शेखपुरा में खेली जा रही राज्य स्तरीय जूनियर हैंडबॉल चंपियनशिप का फाइनल मुकाबला आज नवादा और जहानाबाद के बीच खेला जायेगा मुजफ्फरपुर की मरियम फातिमा ने बिहार सीनियर वीमेन चेस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है तीस नवंबर से दो दिसंबर तक दिल्ली में होने वाली इकतीसवीं राष्ट्रीय सब जूनियर मलखंभ प्रतियोगिता के लिये बिहार टीम का ट्रेनिंग कैम्प पटना में कल संपन्न हो गया सिवान जिले में एक व्यवसायी से अपराधियों ने छह लाख रूपये मूल्य के जेवर लूट लिये पुलिस मामले की छानबीन कर रही है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को बेस्ट सिटी बस का पुरस्कार मिला है परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि यह पुरस्कार केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के अर्बन मोबेटिली इंडिया की ओर से दिया गया है रोहतास जिले के नोखा थाना क्षेत्र के नुनसारी गांव निवासी सेना के एक हवलदार की मौत डेंगू से हो गयी मृत जवान जोधपुर में सेना के पांच सौ बारह एडी बटालियन में पदस्थापित थे मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रेल टिकटों की कालाबाजारी के आरोप में आरपीएफ की टीम ने एक आरक्षण काउंटर के सहायक पर प्राथमिकी दर्ज करायी है और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने संतों के सम्मेलन को प्रमुख खबर बनाते हुये शीर्षक दिया है संत वोले चूनाव से पहले सरकार राम मंदिर बनाये दैनिक जागरण ने पुलिसलाइन बवाल मामले में सरकार की कठोर कार्रवाई को अपनी पहली खबर बनाते हुये सुर्खी लगायी है पुलिस लाइन बवाल मामले में एक सौ पचहत्तर आरक्षी बर्खास्त प्रभात खबर ने जदयू के एससी एसटी सम्मेलन में मुख्यमंत्री के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अखबार ने शीर्षक लगाया है हाशिये के लोगों को मुख्यधारा में ला रही सरकार मुख्यमंत्री दैनिक भास्कर की सुर्खी है तेज प्रताप वोले घरवालों ने मुझे ठुकरा दिया मै फैसले पर अडिग राष्ट्रीय सहारा ने अपने खेल पेज पर टी ट्वेंटी में भारत की जीत पर लिखा है भारत की जीत में चमके कुलदीप और कार्तिक

भारत के बथनाहा और नेपाल के बुद्धनगर रेलखंड पर चला ट्रायल इंजन

विधान मंडल में ई विधान सिस्टम लागू